पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिये अट्ठारह जिलों में चुनाव प्रचार आज शाम होगा समाप्त

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के तेरह हजार छः सौ पचासी नए मामले सामने आए राज्य में इस समय कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या इक्यासी हजार पांच सौ छिहत्तर वासंतिक नवरात्र आज से आरम्म विन्ध्याचलधाम सहित प्रदेश के सभी देवीमंदिरों में कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार श्रद्वालुओं के दर्शन पूजन की व्यवस्था कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश दिये हैं

उन्होंने रात्रिकालीन कर्फ्यू को कड़ाई से लागू करवाने तथा मास्क न पहनने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने के लिये अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने नवरात्रि और रमजान पर्व पर प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये भी कहा है उन्होंने कहा कि संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये धार्मिक स्थलों पर पांच से अधिक लोग एक समय में न जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ मजबूती से लड़ना होगा उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में हमें सफलता मिली थी इस बार भी हम सफल होंगे

उन्होंने सभी जनपदों में टेस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देते हुए कहा कि हमें लोगों का जीवन भी बचाना है और उनकी अजीविका भी मुख्यमंत्री ने कोरोना अंग्रिम पंक्ति वर्कस को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिये सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश देते हुए कहा कि अंग्रिम पंक्ति वर्कर्स मास्क और ग्लब्स का अनिवार्य रूप से उपयोग करे मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन निगम की बसों को नियमित रूप से सैनेटाइज किया जाये और रेलवे स्टेशन तथा हवाई अड्डों पर लोगों की प्रभावी ढंग से स्क्रीनिंग की जाये प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये बड़ी संख्या में टेस्टिंग और टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में यह जानकारी देते हुए बताया कि पिछले एक दिन में एक लाख तिरान्नबे हजार से अधिक सैम्पल की जांच की गई है उन्होंने बताया कि राज्य में पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा रहा है राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिये पन्द्रह अप्रैल को होने वाले मतदान की तैयारियों के संबंध में संबंधित अट्ठारह जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की उन्होंने कोविड संक्रमण से बचाव के लिये कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों पर सैनिटाइजेशन के साथ आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था समय से सुनिश्चित करा ली जाये पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिये राज्य के अट्ठारह जिलों में चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जायेगा इस चरण के लिये पन्द्रह अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक वोट डाले जायेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की पच्चीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की छिहत्तरवीं कडी होगी लोग नमो ऐप या माईगोव ओपन फोरम में अपने सुझाव दे सकते हैं वे टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं फोन लाइन बाईस अप्रैल तक खुली रहेगी लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस में प्राप्त लिंक के जरिए भी प्रधानमंत्री तक अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में मन की बात के लिए लोगों से उन विषयों और प्रेरणादायक अनुभवों को साझा करने का अनुरोध किया है जिनके बारे में वे सोचते हैं कि अन्य भारतीयों को भी यह जानना चाहिए प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के तेरह हजार छः सौ पचासी नए मामले सामने आए हैं इस दौरान तीन हजार एक सौ सत्तानबे लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं राज्य में इस समय कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या इक्यासी हजार पांच सौ छिहत्तर है महामारी से अब तक कुल नौ हजार दो सौ चौबीस लोगों की मृत्यु हुई है स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेज गति से किया जा रहा है कल एक दिन में एक लाख तिरानबे हजार तीन सौ उन्यासी नमूनों की जांच की गयी इसमें से उन्यासी हजार से ज्यादा नमूनों की जांच आरटीपीसीआर विधि से की गयी प्रदेश में अब तक क्ल तीन करोड़ उनहत्तर लाख चौवन हजार पांच सौ सैंतीस नमूनों की जांच की जा चुकी है वासंतिक नवरात्र आज शुरू हो गया है प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्वालुओं को कोविड के दिशा निर्देशों के अनुसार दर्शन पूजन की व्यवस्था की गयी है श्रद्वालू पंक्तिबद्व होकर कोविड नियमों का पालन करते हुए माता के दर्शन पूजन और विभिन्न अनुष्ठान कर रहे हैं मिर्जापुर जिले के विन्ध्याचलधाम स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर पर लगने वाला चैत्र नवरात्र मेला बीती आधी रात से शुरू हो गया है प्रसिद्ध राक्रिपीठ विँध्याचल में चैत्र नवरात्र मेला मध्य रात्रि से शुरू हो गया

एस एम सबा आकाशवाणी समाचार विध्याचल मिर्जापुर बलरामपुर जिले के देवीपाटन स्थित माता पाटेश्वरी देवी मंदिर पर भी आज से चैत्र नवरात्र का मेला शुरू हो गया है नैमिषारण्य स्थित माता ललिता देवी मंदिर पर भी भारी संख्या में श्रद्वालु दर्शन पूजन और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिवालिक पर्वतमालाओं के बीच स्थित माँ शाकुम्भरी देवी सिद्वपीठ पर श्रद्वाल् दर्शन प्रजन कर रहे हैं प्रदेश के अन्य जिलों में स्थित शक्तिपीठों और देवी मंदिरों पर भी भारी संख्या में श्रद्वालु माता के दर्शन के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार कल दोपहर उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने पर बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया योगेश प्रवीण के निधन से साहित्य जगत में मायूसी छा गई है हिन्दी अंग्रेजी उर्दू सहित विभिन्न भाषाओं में महारत प्राप्त योगेश प्रवीण लखनऊ की पहचान माने जाते थे उन्होंने करीब दो दर्जन से ज्यादा किताबे लिखी जिसमें दास्तान ए आवाज साहिबे आलम कंगन के कटार दस्ताने लखनऊ बहारें अवध जैसी किताबें आज भी लखनऊ की पहचान है

लखनऊ को योगेश प्रवीण ने जिस नजर से देखा वैसे किसी ने नहीं उनके साधारण व्यक्तित्व में असाधारण लखनऊ झलकता था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसिद्ध इतिहासकार योगेश प्रवीण के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि योगेश प्रवीण को अवध विशेष रूप से लखनऊ के इतिहास और संस्कृति की गहन जानकारी थी अपनी पुस्तकों और लेखन के माध्यम से उन्होंने जनता को इससे अवगत कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया था

पूर्व मंत्री तथा बिहार व मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन की जयन्ती के अवसर पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्वाजलि देते हए चौंक स्टेडियम स्थित नवनिर्मित लालजी टंडन बहुउद्देश्यीय हाल का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण तथा उनके नाम से एक सड़क और चौराहे का नामकरण भी किया